यह सभी वाहनों के लिए अनिवार्य है आकाशवाणी के साथ बातचीत में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के मुख्य महाप्रबंधक अमरेन्द्र कुमार ने बताया कि ये प्रणाली सुवारू रूप से काम कर रही है उन्होंने बताया कि टोल प्लाजा पर भुगतान करने के लिए लोगों को अब अपने वाहन रोकने नहीं पड़ेंगे फास्टैग आज से सारे नेशनल हाइवेज चौनल पे मैंडेटरी हो चुका है जिस गाडियों में फास्टैग लगी हुई है वह निर्वाध गति से फास्ट लेन का यूज करे और बिना रुके आगे जा सकते हैं इससे उनके समय ईंधन और पॉल्यूशन की भी कमी होगी

हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि निर्बाध आवागमन के लिए फास्टैग के माध्यम से पथकर वसूलने की राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक पथकर संग्रह प्रणाली लागू की गई है फास्टैग में रेडियो तरंगों के जरिये वाहन की पहचान होती है और चलते वाहन से सीधे पथकर का भूगतान हो जाता है यदि कोई चालक फास्टैग के बिना इलेक्ट्रॉनिक पथकर लेन में चला जाता है तो उसे दोगुने शुल्क का भुगतान करना होगा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सरदार वल्लम भाई पटेल को आज उनकी पृण्यतिथि पर श्रद्वांजलि दी है श्री मोदी ने ट्वीट संदेश में कहा कि राष्ट्र के प्रति सरदार पटेल की अभूतपूर्व सेवा से जनता को प्रेरणा मिलती रहेगी गृहमंत्री अमित शाह तथा सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी सरदार पटेल को श्रद्वांजलि दी है प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरदार पटेल की पृण्यतिथि पर लखनऊ में जी पी ओ पार्क में सरदार पटेल की प्रतिमा पर पृष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्वांजलि दी अपने ट्वीट संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरदार पटेल ने अपने पुरूषार्थ के बल पर अंग्रेजों की कुटिलता को नहीं चलने दिया और जो भारत विरोधी तत्व देश को बांटने की कुत्सित मानसिकता रखते थे उनके मंसूबो को ध्वस्त करते हए सरदार पटेल ने एक भारत श्रेष्ठ भारत का निर्माण किया मुख्यमंत्री ने कहा कि नागरिकता संशोधन विधेयक पर पूरा देश एकजुट हो यही सरदार वल्लभ भाई पटेल को सच्ची श्रद्वांजलि होगी प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेम्पटी ने सही सुचना के प्रसार के लिए डायरेक्ट ट् मोबाइल जैसी प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने की आवश्यकता पर बल दिया है भावी प्रसारण डायरेक्ट ट् मोबाइल के बारे में ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग सोसायटी हैदराबाद के एक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय महत्व की सूचना लोगों तक तेजी से पहुंचनी चाहिए और डायरेक्ट टू मोबाइल से सही सूचना देने में मदद मिलेगी उन्होंने प्रसारकों से मोबाइल के माध्यम से लोगों तक पहुंचने पर ध्यान केन्द्रित करने को कहा उन्होंने कहा कि उमरती हई फाइव जी प्रौदयोगिकी में संचार और प्रसारण में भ्रम को देखते हुए डायरेक्ट टू मोबाइल का महत्व बढता जा रहा है राष्ट्रीय बुनियादी ढांचे की दृष्टि से यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे पास लोगों के मोबाइल फोन पर कभी भी कहीं भी सीधे संदेश प्रसारित करने की योग्यता हो इसके अलावा मनोरंजन और खेलों के प्रति लोगों के रुझान को देखते हुए ये योग्यता और तकनीक क्षेत्रवार विकसित किए जाने की आवश्यकता है और इसे बहुत तेजी से विकसित करना होगा क्योंकि उपभोक्ता बड़ी तेजी से नई तकनीक अपना रहे हैं इसलिए हमें उपभोक्ता की आकांक्षाओं पर खरा उतरने के लिए पहले से तैयार रहना होगा उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा है कि पिछले तीन वर्ष में प्रदेश में माध्यमिक रिक्षा में बदलाव दिखा है उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार निरन्तर राज्य में शिक्षा व्यवस्था को और बेहतर बनाने की दिशा में कार्य कर रही है श्री शर्मा आज मथुरा में एक शैक्षणिक समारोह को संबोधित कर रहे थे इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार विश्वविद्यालयों में समान पाठ्यक्रम की दिशा में कार्य कर रही है कार्यक्रम में प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा भी उपस्थित थे

मंत्रालय ने यह कदम कारोबार को अधिक से अधिक आसान बनाने और व्यवस्था को अधिक पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से उठाया है इसमें ऋणशोधन अक्षमता और दिवाला संहिता प्रक्रिया को सशक्त बनाना शामिल है कारोबारी सुगमता की दृष्टि से विश्व बैंक की रैंकिंग में भारत चौदह पायदान बढ़कर तिरसठयें स्थान पर पहुंच गया है इस रैंकिंग में भारत की स्थिति में दो हजार पन्द्रह से लगातार सुधार हो रहा है लगातार तीसरे वर्ष भारत सबसे अधिक सुधार करने वाले दस देशों में बना हुआ है